जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र आज रदद हए उनमें हमीरपुर से धर्मेन्द्र पटियाल प्रवीण शर्मा और राजेश कुमार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रताप सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रकाश चौधरी खुशाल चंद ठाकुर बली राम व नरेन्द्र कुमार और शिमला संसदीय क्षेत्र से अमित नंदा शामिल हैं

चुनाव प्रचार इस बीच प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है और इसमें तेज़ी आ रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज कांगड़ा और सिरमौर ज़िलों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी पवन काजल के लिए वोट मांगे कांगड़ा से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र और मंडी से उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने नाचन विधानसभा क्षेत्र जनसंपर्क अभियान में भाग लिया हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कसौली और हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राम लाल ठाकुर ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ चुनावी सभाएं कर वोट मांगे जयराम भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने दावा किया है कि प्रदेश में भाजपा को भारी जन समर्थन मिला है और प्रदेशवासी फिर से मोदी सरकार बनाने का मन बना चुके हैं कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के बरोलियां में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों को मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस नेता घबरा गए हैं यही कारण है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कई कांग्रेसी नेता टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जनता को गुमराह करने के लिए गलत ब्यानबाजी कर रहे हैं इस मौके पर कांगड़ा से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेन्द्र काकू ने अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने की घोषणा की

प्रदेश में विकास का पहिया थम चुका है और लोग कांग्रेस सरकार में हुए विकास को याद कर रहे है उन्होंने कहा कि सरकार की इस विफलता का सीधा असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा और प्रदेश की जनता कांग्रेस उम्मीदवारों को बड़े अंतर से जिताएगी वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर से पार्टी प्रतयाशी राम लाल ठाकुर और मंडी से आश्रय शर्मा को लेकर उनके बयानों को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप भी लगाया वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये दोनों ही प्रत्याशी पार्टी के सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं और दोनों का जीतना तय है

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्रमल ने कहा है कि भाजपा के लिए देशहित सर्वोपरि है जबकि अपनी अपनी डफली बजा रहे विपक्षी नेताओं को राष्ट्रहित से कोई सरोकार नहीं है और उनके लिए निजी हित ही सर्वोपरि है धूमल आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न नुक्कड़ चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न तो प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा है और न ही विपक्ष किसी एक नाम पर एकमत है उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग का ध्यान रखा है उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार का सहयोग न होने के बावजूद अनुराग ठाक्र ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए केन्द्र से अनेकों योजनाएं लाई हैं एडवाइजरी केन्द्रीय चूनाव आयोग ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती को चूनाव प्रचार के दौरान अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां करने के लिए एडवाइज़री जारी की है आयोग ने अपनी एडवाइजरी में सत्ती को आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान अपना व्यवहार शालीन बनाए रखने और भाषणों में शब्दों का सही चयन करने की सलाह दी है ताकि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जा सके

पंडोह डैम उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि ब्यास नदी के कैचमेंट एरिया में बर्फ के पिघलने से पंडोह डैम का जल स्तर लगातार बेढ़ रहा है बढ़ते जल स्तर के कारण पंडोह डैम के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं उन्होंने ब्यास नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि इस दौरान नद के किनारे न जाएं और पूरी एहतियात बरतें